गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का लंबी बीमारी के बाद कल शाम पणजी में निधन हो गया

पिछले साल फरवरी में उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला था जिसके बाद से ही उनका अमेरिका के अलावा मुंबई दिल्ली और गोवा के अस्पतालों में ईलाज हो रहा था

केन्द्र सरकार ने श्री पर्रिकर के निधन पर आज का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर घोषित किये गये राष्ट्रीय शोक के कारण आज आकाशवाणी केन्द्र जयपुर की ओर से केन्द्र परिसर में होली पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम फाग्नी फ्हार को स्थगित कर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाये जाने की सिफारिश की गई हैं एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति ने न्यायमर्ति घोष का लोकपाल पद के लिए चयन किया है श्री घोष इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य है

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार से लोकपाल की नियुक्ति के बारे में उसे जल्द से जल्द फैसला करने को कहा था लोकपाल चयन समिति की श्रक्रवार को बैठक हई थी बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रंजन गोगोई तथा प्रमुख न्यायविद के रूप में मुकुल रोहतगी शामिल हुए इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता के स्थान पर सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष आमंत्रित के तौर पर बुलाया गया था लेकिन उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी हो जायेगी

अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवार इन स्थानों पर नामांकन पत्र भर सकेंगे

उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में देश में बहुत बदलाव आया है इस बदलाव से पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह और जोश का संचार हो रहा है

कर्नल राठौड ने कोटपूतली की ग्राम पंचायत खेड़की वीरभान सांगटेड़ा केशवाना राजपूत ग्राम मालपुरा और सुन्दरपुरा ग्राम पंचायतों में भी जनसंपर्क किया श्री राठौड आज कालवाड़ में झोटवाड़ा मण्डल पूर्व के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनसंपर्क करेंगे

इन सभाओं को केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेता संबोधित करेंगे लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने कल जयपुर में ये जानकारी दी पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में अपराधों की रोकथाम के लिये अंतर्राज्यीय समन्वय बनाने के प्रयास किये जा रहे है कल बीकानेर में पुलिस के उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह सक्षम है चुनाव के दौरान सीमा पर विशेष चौकसी बरती जाएगी श्री गर्ग ने पुलिस अधिकारियो से पब्लिक फेंडली बनने की अपील की धौलपुर के पहाडी मरेना में कल देर रात जीप और डम्पर की टक्कर में जीप में सवार तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये

भरतपुर के हलेना तिलचिवी मार्ग पर कल एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई हादसे में एक दंपत्ति की मौत हो गई और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये बीकानेर में रेलगाडी की टक्कर से एक युवक की मौत के समाचार है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को ध्वनि प्रदूषण का मानचित्र तैयार करने और पूरे देश में इस समस्या से निबटने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श क्मार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सीपीसीबी को ध्वनि प्रद्षण फैलाने वाले स्थलों की पहचान करने तथा इसके आधार पर शहरों की श्रेणी तय करने और तीन महीने के भीतर प्रभावी कार्य योजना बनाने को कहा है इन्डो मालदीव साईकिल यात्रा कल अलवर से शुरू हुई अलवर इटारणा केन्ट के ब्रिगेडियर आई एम लाम्बा ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया